प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुददों पर एक बैठक की बैठक में कृषि बाजार अतिरिक्त उपज का प्रबंधन किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त कराने पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूलयवर्द्वन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया

उनहोंने कहा कि हम सभी को बढाए गए लॉक डाउन के दौरान मिले केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी है श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है जनता को घर में ही रहने सोशल डिस्टेसिंग की पालना करने और बाहर जाते वक्त मास्क लगाने को अपनी आदत बनाना है राज्य में अभी तक आठ जिले जयपुर जोधपुर कोटा अजमेर भरतपुर नागौर बांसवाडा और झालावाड़ रेड जोन में उन्नीस जिले टोंक जैसलमेर दौसा झन्झन हनुमानगढ भीलवाडा सवाईमाधोपुर चित्तौडगढ ड्रंगरपुर उदयपुर धौलपुर सीकर अलवर बीकानेर चूरू पाली बाडमेर करौली और राजसमंद जिला ओरेंज जोन में छह जिले बारां बूंदी श्रीगानगर सिरोही जालौर और प्रतापगढ ग्रीन जोन में शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्रालय हर सप्ताह या आवश्यकतानुसार कोविड संक्रमण के आधार पर रेड ओरेंज तथा ग्रीन क्षेत्र का निर्धारण करेगा

ट्रेनों से यात्रियों का आवागमन अंतरराज्यीय बस सेवा मेट्रो रेल सेवा बंद रहेंगी चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर लोगों का अंतरराज्यीय आवागमन भी बंद रहेगा सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे हालांकि ऑन लाईन पढाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है होटल रेस्त्रां जिम सिनेमा हॉल बार और धार्मिक स्थान जैसी ज्यादा भीड़ वाली जगह बंद रहेंगी सामाजिक और राजनीतिक कामकाज के लिए भी भीड़ इकट्ठी करने पर पाबंदी होगी

ये सभी कार्य तीनों जोन में रेड ओरेंज और ग्रीन जोन में प्रतिबंधित हैं

वे केवल चिकित्सकीय कार्य के लिए बाहर लाए जा सकते हैं संकमण क्षेत्रों की परिधि में सख्त बंदोबस्त किए जाएंगे केवल आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए और मेडिकल आपातकाल के लिए लोगों का आवागमन मंजुर किया जाएगा रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं चलाए जा सकते टैक्सी सेवा का संचालन नहीं किया जा सकता अंतर जिला या जिले के अंदर बसें नहीं चलायी जा सकती बाल काटने की दुकाने स्पा सैलून आदि नहीं खोले जा सकते हालांकि रेड जोन वाले जिलों में संक्रमण के क्षेत्रों से बाहर प्रतिबंधों के साथ स्पेशल इकॉनोमिक जोन जैसे इलाकों में कारखाने चालू किए जा सकेंगे इनके अलावा दवाइयां और ईलाज से जुड़े सामान की आपूर्ति भी की जा सकेगी निर्माण कार्य किया जा सकता है यदि मजदूर के रहने की व्यवस्था कार्यस्थल पर ही की गई हो रिहायशी मकानों में स्थित द्कानें एकल दुकानें या आस पड़ौस की दुकानें खोली जा सकती हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियां चलायी जा सकती है रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्र में संकमण वाले इलाकों को छोड़कर हर तरह के औद्योगिक और निर्माण कार्य किए जा सकते हैं शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती है कृषि पश्पालन और बागवानी संबंधित गतिविधियां की जा सकती है सभी स्वास्थ्य सेवाए दी जा सकती है वित्तीय क्षेत्र में बैंक आदि खोले जा सकते हैं जन उपयोगी कार्य जैसे डाक कूरियर आदि संचालित की जा सकती है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट है

रेड जोन में सभी गतिविधियों के लिए संबंधित राज्य सरकार अनुमति देगी रेड जोन में की जाने वाली गतिविधियां ओरेंज जोन में भी की जा सकती हैं ओरेंज जोन में प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्राप्त करने पर टैक्सी चलायी जा सकती है परंतु ड्राइवर के साथ केवल दो यात्री बैठेंगे वाहनों और लोगों को अनुमतिप्राप्त गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में ले जाया जा सकता है ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं ग्रीन जोन में बैठने की क्षमता से आधी सवारियों के साथ बसें चलायी जा सकती हैं

ग्रीन जोन में राज्य सरकार अन्य गतिविधियों को निर्धारित करेगी लॉक डाउन के दौरान ई मित्र कियोस्क चलाने वालों को भी क्छ क्षेत्रों में छूट मिली है जिससे इनको राहत मिली है

जिले के सूरवाल गांव में ई मित्र कियोस्क चलाने वाले राम अवतार सैनी ने बताया कि किसानों के लिए मण्डी टोकन बनाने और प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न लोगों को कियोस्क खोलने से फायदा मिल रहा है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही यह लक्ष्य रखा था जिसे विभाग चिकित्सक और अधिकारियों ने मिलकर पूरा कर दिया है

सब से ज्यादा तीस मामले जोधप्र के है

इस बीच प्रदेश में अब तक एक हजार एक सौ इक्कीस लोगों को कोरोना संकमण से मुक्ति मिल चुकी है वहीं सात सौ चौदह लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गयी है

संशस्त्र बलों की ओर से कोरोना वॉरियर्स के साथ सैनिकों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कल कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्वाओं का आभार व्यक्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है

उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के संकट में लोगों को रोजगार भी मिलेगा श्री शेखावत आज जयप्र में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे